मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा पंचायती राज संस्थानों व शहरी निकायों के प्रतिनिधि लोगों को घरद्वार पर करेंगे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आगामी सेब सीज़न को देखते हुए बागवानों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंधन पर दिया बल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ज़रूरतमंदों के लिए बनी मददगार पीएम सम्बोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे वे नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढाने के संबंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं

उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन की अवधि के बारे में बात करेंगे

प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों सांसदों और अन्य भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बागवानों को कृषि संरक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के प्रबंध किए गए हैं उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को लोगों को घर पर आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में सहयोग के लिए जोड़ा गया है

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों सहित अन्य अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है इस दौरान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने सुझाव दिए

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और सोशल डिस्टैंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए जयराम ठाकुर ने क्वारंटाइन केन्द्रों में रखे गए लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए

जावडेकर ने कहा कि मीडिया के लोग भी डॉक्टर नर्स पुलिस और सेनेटाइज करने वाले कार्यकर्ताओं की तरह अगली पंक्ति के योद्वा हैं वीरभद्र सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी को एक होना होगा शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने समाज में कुछ तत्वों द्वारा फैलाई जा रही नफरत व हिंसा पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने को कहा है वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोरोना से लोगों की सुरक्षा में जूटे डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को पूरा सहयोग देना चाहिए तभी इस महामारी पर जीत हासिल की जा सकती है

महिला मोर्चा प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि सूद ने मोर्चा की सभी महिलाओं से घर में मास्क बनाकर ज़रूरतमंदों में बांटने का आहवान किया है महिला मोर्चा की सदस्यों ने आज सोलन में जगह जगह लोगों को मास्क बांटे और कोरोना महामारी से बचाव बारे जागरूक किया मास्क कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मास्क बनाकर घर घर में लोगों को वितरित कर रहे हैं

बैसाखी ऊना ज़िले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ब्रह्माह्ति में बैसाखी पर्व पर आज लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते कोई भी श्रद्वालु स्नान करने नहीं पहुंचा हालांकि भगवान ब्रहमा जी और अन्य मंदिरों में इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना की गई

स्थानीय लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की और लोगों की सुख समृद्धि की कामना की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आगामी सेब सीज़न को देखते हुए बागवानों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध करने की ज़रूरत बताई है वे आज शिमला स्थित राजभवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत प्रापण मूल्य को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है इस दौरान कृषि उत्पाद संशोधन बिल पर भी चर्चा की गई और राज्यपाल ने आवश्यकता अनुसार बिल की प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि किसानों बागवानों को अपने उत्पाद विभिन्न मण्डियों तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश में कोरोना रोकथाम को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी लगाकर आजीविका चलाने वाले लोगों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा डिपुओं में दो माह का राशन दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी इस वर्ग के लिए मददगार बनी है केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में निर्धन परिवारों को अगले तीन माह यानी जून तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा जबकि प्रदेश सरकार द्वारा भी डिप्ओं में दो माह का राशन कोटा एक साथ दिया जा रहा है इससे कोरोना कर्फ़यू के इस दौर में आम लोगों के लिए राशन जैसी मुख्य जरूरत पूरी करने के लिए मदद मिली है

एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश की मंडियों में बॉक्स की भारी किल्लत हो गई है जिससे किसानों बागवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सुक्खू ने बद्दी और परवाणू स्थित गत्ता फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति देने का भी सरकार से आग्रह किया है

इस दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों ने किताबों सहित अन्य ज़रूरी सामान की खरीददारी की उधर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने कहा है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से अधिकृत स्टेशनरी व किताबों की दुकानें सप्ताह में केवल एक ही दिन वीरवार को खोली जाएंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान में एक एनसीसी कैडेट तैनात किया जाएगा जो दुकानें खुलने के समय में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनुपालना सुनिश्चित करेगा इधर मण्डी के अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें पहुंचाने का ज़िम्मा संबंधित स्कूल के प्रमुखों को सौंपा गया है ताकि सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जा सके हिमखण्ड लाहौल स्पीति ज़िले के बरगुल गांव में आज हिमखण्ड की चपेट में आने से एक किसान की मृत्यु हो गई केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल ने बताया है कि मृतक की पहचान बरगुल निवासी राजेन्द्र के रूप में हुई है ग्रामीणों की सूचना पर आपदा प्रबंधन त्वरित कार्यवाही दल सहित आईटीबी पी करगा के जवान भी किसान की तलाशी में जुटे हैं उधर तोदघाटी के दारचा में भी हिमखण्ड खिसकने से दारचा केलंग मार्ग अवरूद्व है आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग संस्था मण्डी के स्वयं सेवियों ने आज मण्डी शहर के आसपास फील्ड सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों एनसीसी कैडेट्स और सफाई कर्मचारियों को फल व अन्य खाद्य सामग्री वितरित की